कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डॉयलाग के छठे संस्करण का आज उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसेन भी मुख्य अतिथि के रूप में उदघाटन सत्र में शामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन में बाद के सत्र में भाग लेंगे चार दिवसीय संवाद सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है रायसीना डॉयलाग विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर कल आपात बैठक की उन्होंने वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए कौशल विकास के आवासीय केंद्रों को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश सचिव को दिए उन्होंने कहा कि स्थिति की समीक्षा कर अन्य आवासीय केंद्रों में भी बेड की उपलब्धता का आकलन करें ताकि जरूरत पडने पर उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके स्वास्थ्य सचिव ने मंत्री को बताया कि रांची सहित सभी जिलों के निजी अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड के पचास फीसद बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए गए हैं राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार तीन सौ छियासठ नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास पहंच गई है वहीं दूसरी ओर नौ सौ सैंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पच्चीस हजार एक सौ पचहतर पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर पंद्रह हजार तीन सौ तैंतालीस पहुंच गई है राज्य भर में कल उन्नीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ बत्तीस पहुंच गई है

राजधानी रांची में कोविड संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार फिलहाल घाघरा के स्वर्णरेखा घाट पर किया जा रहा है देर रात करीब ढाई बजे रांची के उपायुक्त छवि रंजन घाघरा घाट पहुंचे उपायुक्त ने बताया कि रविवार शाम से ही यह बात सामने आ रही थी कि हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह में खराबी के कारण पार्थिव शरीरो का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से घाधरा घाट पर पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की व्यवस्था की गई है

राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर की किल्लत की समस्या फिलहाल कुछ कम हुई है कल कुछ निर्माताओं ने राज्य को एक हजार पांच सौ रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति किए

इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात कर राज्य में इस इंजेक्शन के अलावा कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं की मांग की थी रामगढ़ जिले में कोरोना को लेकर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए धनबाद जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों में कुल नौ सौ दस बेड तैयार किए गए हैं इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में कोविड संक्रमित मरीजों के उचित उपचार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है उन्होंने बताया कि जिले में विगत दिनों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है इसके मद्देनजर वर्तमान में सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद एसएनएमएमसीएच कैथ लैब एसएनएमएमसीएच पीजी ब्लॉक निरसा पॉलिटेक्निक क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भूली टाटा अस्पताल जामाडोबा सहित विभिन्न बड़े निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है

टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी कल काफी वृद्धि हुई

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है नवगठित ऑक्सीजन टास्क फोर्स के सचिव निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह बनाए गए हैं टास्क फोर्स के सदस्यों में परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन हैं

उन्होंने नये संवत वर्ष दो हजार अठहतर के आरंभ होने पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी है और सभी के जीवन में खुशी की कामना की है झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायक साइमन मरांडी का निधन कोलकाता के नेताजी हॉस्पिटल में बीती रात हो गया साइमन मरांडी बीते एक माह से कोलकाता में इलाज करा रहे थे साइमन मरांडी दो बार राजमहल क्षेत्र के सांसद पांच बार विधायक तथा झारखण्ड राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं कोलकाता से स्वर्गीय साइमन मरांडी का पार्थिव शरीर पाकुड जिला स्थित उनके हिरणपुर आवास के लिए लाया जा रहा हे

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड संघर्ष में विशेष योगदान देने वाले साइमन मरांडी की कमी हमेशा खलेगी जमशेदपुर के टाटा स्टील फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक कुमार ने अपनी पत्नी दो बच्चे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका की गला रेत कर कल निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन और आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया

आईपीएल में आज रात चेन्नई में कोलकाता नाइटराइडर्स का मुकाबला मुम्बई इंडियन्स से होगा संक्षिप्त खबरें आज से वासंतिक नवरात्र की शुरूआत हो गई अगले नौ दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्यभर के मंदिरों में कलश स्थापित कर पूजा की जा रही है

अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी बालतल और चंदनवाड़ी दोनों ही मार्गो से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा

कल शाम चांद न देखे जाने से रमजान का पवित्र महिना कल से शुरू हो रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी और मून साइटिंग कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की खाड़ी के देशों में आज रमजान का पहला दिन है